उन्होंने कहा कि यह बजट कोविड की स्थिति से प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था के विकास में आवश्यक प्रोत्साहन देगा श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सरकर द्वारा किये गये स्धारों से भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले दिनों में विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगी लोकसभा में आज आम बजट पर चर्चा का जवाब देते हए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने च्नौतियों को अवसर में बदलने का काम किया और अर्थव्यवस्था के दीर्घ अवधि के विकास के लिए कई कदम उठाए

उन्होंने कहा कि प्रंजीगत व्यय में वृद्धि से प्रम्ख उदयोगों की मांगों में इजाफा होगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में ढांचागत विकास को बढावा देकर स्वास्थ्य क्षेत्र में जल और स्वच्छता को एक महत्वपूर्ण घटक बनया है केंद्रीय वित्तमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर के लिए तीन पैकेज और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत लगभग उन्तिस करोड सत्तासी लाख रुपये की राशि दी गई है उन्होंने कहा कि नये कानून लागू होने के बाद देश में कोई भी कृषि मंडी बंद नहीं हई है

विधेयक पेश करते हुए गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि विधेयक में अखिल भारतीय सेवाओं के लिए अरुणाचल प्रदेश गोवा मिजोरम केन्द्र शासित एजीएमयूटी कैडर के साथ जम्मू कश्मीर संवर्ग का विलय करने का प्रावधान है

तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान नाहरलग्न में राज्य में सबसे पहले कोविड का टीका लेने वाले संस्थान भी सबसे पहले कोविड की द्सरी ख्राक लगाई गई इस अवसर पर टीका लगवाने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स ने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन के बाद उन्हें स्वस्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं हई

प्रदेश में क्ल सोलह हजार आठ सौ बत्तीस कोविड के मामले है जिसमें पांच मामले सक्रिय है और सोलह हजार सात सौ इकहत्तर मरीज स्वस्थ हो गए है स्वस्थ होने की दर निन्यानबे दशमलव छह तीन प्रतिशत है अभी तक राज्य में कोविड से छप्पन लोगों की जाने जा च्की है

जिसमें कल एकत्र किए सात सौ बत्तीस सैंपल भी शामिल है